झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हो हल्ला और हंगामा होता रहा विपक्ष के भाजपा विधायकों ने सदन नहीं चलने दी भाजपा के विधायक पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष के नेता के रूप मान्यता नहीं दिये जाने के खिलाफ सदन के अंदर लगातार प्रदर्शन करते रहे भाजपा विधायक वेल में घुस कर नारेबाजी की सरकार ने हो हल्ला के बीच अपना काम निपटा राज्य में पहली बार किसी सरकार ने प्रदेश के आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र जारी किया

पहली पाली में सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हई

विधानसभा में कल हेमंत सोरेन सरकार का पहला बजट पेष किया जाएगा

दिल्ली की एक अदालत ने आज निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है अपर सत्र न्यारयाधीश धर्मेन्दु राणा ने कहा कि एक दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका पर फैसला होने तक फांसी नहीं दी जा सकती न्यायालय ने यह आदेश पवन के उस अनुरोध पर किया जिसमें उसने कहा था कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लम्बित है इसलिए उसकी फांसी पर रोक लगाई जाए पलामू जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोगों को लाभ हो रहा है

मुख्यमंत्री को ट्वीट के मध्यम से जानकारी मिली थी कि ईरान में पांच सौ भारतीय फंसे हैं उनमें से एक ने झारखंड में रहने वाले अपने परिचित को वीडियो बनाकर भेजा है सभी कोरोना वायरस से डरे हुए हैं और वतन वापस आना चाहते हैं एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बोकारो के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को निर्देष दिया है कि बालीडीह में तीन युवकों की पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवार्र करें

इनमें से एक मामला नई दिल्ली और दूसरा तेलंगाना का है संक्रमण के शिकार नई दिल्ली के व्यक्ति ने इटली की यात्रा की थी वहीं तेलंगाना का यात्री दुबई जा चुका था इन लोगों की यात्राओं का और विवरण प्राप्त किया जा रहा है इन दोनों मरीजों की हालत स्थिर है और इन पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है ष्विमी सिंहभूम जिले के चौबन गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए विषेष योजना तैयार की गई है पोड़ाहाट अनुमंडल के सोनुआ और गोइलकेरा प्रखंडों में लगभग चालीस हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा

सप्ताहभर के शिविर में विभिन्न मंत्रालयों की महिला कर्मचारियों की मधुमेह उच्च रक्तचाप खून की कमी और अन्य समस्याओं की जांच की जायेगी

रांची जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में तीन मार्च से पठन पाठन की समयाअवधि सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक होगी राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने कोडरमा जिले के पच्चीस स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जाएगी

गुमला जिले में आज दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिष हुई इस दौरान कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई है